उन्होंने कहा कि गांवों के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना और किसानों के हितों को ध्यान में रखना सरकार की प्राथमिकता है बिक्रम ठाकुर आज जस्वां परागपुर के दोदरा में विभिन्न कार्यो के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बाद में डाडासीबा में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अव्यक्षता भी की और कहा कि समिति का पैसा रोगियों की सुविधा पर ही खर्च होगा

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचितजाति वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है हंसराज आज चंबा में अनुसूचितजाति उपयोजना के तहत ज़िले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा हंसराज ने ये भी कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा

कटवाल झण्डूता विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेआर कटवाल ने कहा है कि लोगों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है कटवाल आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झण्डूता बरठी और तलाई की रोगी कल्याण समितियों की बैठकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है कटवाल ने ये भी कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुक्धाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने महत्वकांक्षी सहारा योजना आरंभ की है

इन संगठनात्मक जिलों में नूरपुर कांगड़ा पालमपुर देहरा सुंदरनगर और कुल्लू शामिल है इस आयोजन को लेकर आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे

अभियान के पहले दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की शपथ दिलाई गई

दुर्घटना प्रदेश में आज दो अलग अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई अटल टनल रोहतांग के पास धुंधी के समीप एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटना ग्रस्त हो जाने से दो पर्यटकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गये

उधर ऊना जिला के पालकवाह में एक टिप्पर और मोटर साईकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई इस दुर्घटना से गुस्साये स्थानीय लोगों और परिजनों ने हरोली टाहलीवाल सड़क पर चक्का जाम कर दिया जिसे बाद में जिला पुलिस अध्यक्ष ने मौके पर पहुंच कर खुलवाया